इस फैसले से किसानों को लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में स्धार आएगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते ह्ए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस संशोधन से अनाज तिलहन आलू प्याज और दालें आवश्यक वस्त् अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्पादों का बेहतर मूल्य स्निश्चित हो सकेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कोलकाता श्यामा प्रसाद म्खर्जी पोर्ट करने का भी फैसला किया गया है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार सात सौ छिहत्तर मरीज ठीक हुए है और आठ हजार नौ सौ नौ नये मामलों की प्ष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या दो लाख सात हजार छह सौ पंद्रह हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में दो सौ सत्रह लोगों की मौत हुई है अबतक देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या पांच हजार आठ सौ पंद्रह हो गई है इधर असम में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ अद्वाईस हो गई है स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विस्ब सरमा ने कहा कि एक सौ ग्यारह नए मामले सामने आएं है और तीन सौ सैतीस लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है स्वास्थ्य विभाग ने एक लाख बीस हजार सैंपल की जांच की है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग नागरिक और प्लिस प्रशासन मिलकर आने वाले लोगों की जांच सभी निर्धारित चेकगेटों पर कर रहा है

इस क्वारेंटिन सेंटर का निरीक्षण करते हए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अबतक द्रसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के आठ हजार से अधिक नागरिक वापस आ च्के है शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए द्रदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में जरुरत के अन्सार शिक्षकों की निय्क्ति की जाएगी

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने किसानों य्वाओं महिलाओं ब्ज्र्गों कामगारों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाया है श्री तापिर गाव ने कहा कि कोविड महामारी की च्नौतियों से निपटने और इससे प्रभावित देश के गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एन डी ए सरकार ने समय पर निर्णय लिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बी पी एल परिवारों को फ्री राशन उज्जवला योजना के लाभार्थियों को फ्री एल पी जी सिलेंडर और किसानों के खाते में पी एम किसान सम्मान योजना के तहत एडवांस राशि जमा कराया है

उन्होंने आर्थिक विकास के लिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की